गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खूली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों यूवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी र्के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया ँ प्रधानमंत्री ने कृषि में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के बारे में भी बातचीत की उन्होंने वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा जिसका उपयोग छात्रों और किसानों द्वारा किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर उन्हें खूशी हुई इससे शिक्षा डिजिटल भुगतान और बहुत कुछ हो सकता है

जयराम ठाकुर ने बताया कि बागवानों के लिए नेपाल के अलावा सिरमौर मंडी व चंबा जिलों से भी पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि नई योजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सांसद सुरेश कश्यप भी वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मौजूद रहे मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इन उद्योगों को स्वीकृति प्रदान की गई

राज्यपाल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी सीपाल रासू ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों पर दस्तावेजी रिपोर्ट प्रस्तुत की

उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयासों को सराहा गोयल आत्मनिर्मर केन्द्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम दुनियाभर के उद्यभियों को भारत में निवेश का अवसर भी प्रदान करता है बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक को आज वीडियो कांफ्रेस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यावसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई और मॉस्क तैयार किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता से लड़ रहा है और द्निया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है अनुराग ठाक्र ने कहा कि हमारे देश में कोरोना र्से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव पांच चार फीसदी है जो विश्व में सबसे कम है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारे बेहतर समन्वय के साथ कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है

राज्य में आज अभी तक कोरोना के चार नए मामले आए हैं इनमें कांगड़ा जिले में तीन और मंडी में एक मामला आया है

इस बीच मंडी जिले में बल्ह क्षेत्र के कुम्मी गांव में कोरोना मामले आने के बाद वार्ड नम्बर तीन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया है

उन्होंने कहा कि सरकार ने लिंग अनुपात में समानता लाने और लिंग भेद को समाप्त करने के लिए बेटी है अनमोल जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं

कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी को लेकर अनलॉक के दूसरे चरण में प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह खोलने के विरोध में आज राज्य सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए उनका कहना था कि जब तक देश में कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म नही हो जाता पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति नही दी जानी चाहिए